इसके अलावा खरगोन में आठ नए मामले मिले जो एक ही परिवार के हैं

अनुविभागीय अधिकारी हरेन्द्र नारायण ने शहर को टोटल लॉकडाउन घोषित कर दिया है डाक्टर के संपर्क में आये लोगों की खोजबीन की जा रही है खण्डवा जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भी अपने स्तर पर गरीब और जरूरतमंद लोगों को आवश्यक सेवाए उपलब्ध करवा रही हैं उधर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अपर जिला न्यायाधीश ने बताया राष्ट्रीय विधिक सेवा का एक टोल फ्री नंबर एक पांच एक शन्य शन्य जारी किया गया है जिस पर कॉल करने पर सहायता करवाई जा रही है

गुना शहर में एक गैस एजेंसी पर लॉक डाउन के नियमों का उल्ल्घन करने पर एक हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है

हनुमान जयंती आज हनुमान जयंती है प्रदेशभर में हनुमान जयंती पर विशेष पूजा अर्चना की जा रही है लेकिन कोरोना सक्रमण को देखते हुए मंदिरों के बजाय घरों में ही पूजा अर्चना और अनुष्ठान कर रहे हैं

उधर गुना में भी प्रसिद्व हनुमान टेकरी मंदिर के पट भी बंद हैं टेकरी पर लगने वाला पांच दिवसीय मेले का आयोजन भी नहीं किया गया है कई जिलों में हनुमान मंदिरों में होने वाले चल समारोह शोभायात्रा और भंडारों के आयोजन भी रदद कर दिये गये हैं उमरिया जिले में श्रद्वाल घरों में ही विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं आगरमालवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि यहां पुजारियों ने सुबह पूजा अर्चना की जबकि सभी बड़े आयोजन रद्द कर दिये गये हैं

होशंगाबाद उज्जैन और सिवनी सहित सभी जिलों में घरों में ही प्रजा अर्चना करने के समाचार मिले हैं

इसमें मुस्लिम समुदाय अपने पुरखों की याद में इबादत करते हैं लॉकडाउन को देखते हुए मुस्लिम धर्मगुरुओं ने घरों में ही इबादत ्करने की अपील की है मध्यप्रदेश के मुफ्ती ए आजम मौलाना मोहम्मद हामिद अहमद ने शबे बारात के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों से मस्जिद न जाने की अपील की है इंदौर शहर काजी डाक्टर इशरत अली और भोपाल शहर काजी सहित सभी जिलों में समुदाय के धर्मगुरूओं ने लोगों से कहा है कि वे घरों में ही इबादत करें मौसम प्रदेश में धीरे धीरे गर्मी के तेवर तीखे होने लगे हैं राजधानी भोपाल सहित सभी जिलों मे चटक धूप खिलने से तेज गर्मी पड़ने लगी वहीं शहडोल जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि कल जिले में जोरदार बारिश हुई और ओले भी गिरे जिससे खलिहानो में रखी फसलों को नुकसान पहुंचा